मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज धर्मशाला में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इन्वेस्टर्स मीट के प्रबंधों की समीक्षा की और जरूरी दिशा निर्देश दिए इन्वेस्टर्स मीट के लिए धर्मशाला शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है और सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं

इसके अलावा कई केन्द्रीय मंत्रियों का भी इसमें शामिल होने का कार्यक्रम है

इनमें दो सौ विदेशी निवेशक भी शामिल हैं उन्होंने कहा कि निजी निवेश से विकास बढ़ता है और जिन राज्यों में इस तरह के आयोजन हुए हैं उन राज्यों को लाभ हुआ है मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल का माहौल औद्योगिक विकास के लिए बेहतर है क्योंकि यहां कानून व्यवस्था अच्छी है और पर्यावरण भी उद्योगों के अनुरूप है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्वेस्टर्स मीट का शुभारम्भ करेंगे जबकि गृह मंत्री अमित शाह समापन समारोह की अध्यक्षता करेंगे केंद्रीय वाणिज्य उद्योग और रेल मंत्री पियूष गोयल वित्त व कारपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाक्र सहित अन्य केंद्रीय नेता भी इस आयोजन में शामिल होंगे

ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के दौरान राज्य में निवेश की संभावनाओं को दर्शाया जाएगा अनुराग ठाकुर केंद्रीय वित्त व कारपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारत की शर्तो के अनुरूप क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी आरसीईपी में शामिल न होने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले का स्वागत किया है अनुराग ठाकुर ने आज एक ब्यान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह फैसला देश किसानों नौजवानों और एमएसएमई के हितों की रक्षा में बड़ा कदम है उन्होंने कहा कि भारत अपनी शर्तो पर अपने व्यापारिक सामरिक और आंतरिक हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है अनुराग ठाकुर ने ये भी कहा कि भारत ने आरसीईपी से हटने का निर्णय मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों और समझौते की निष्पक्षता तथा संतुलन के आकलन के बाद किया है फल उत्पादक हिमाचल प्रदेश फल व सब्जी उत्पादक संघ ने भी आरसीईपी से बाहर रहने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले का स्वागत किया है

राष्ट्रीय कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा ने इस मौके पर कहा कि इस समझौते से बाहर आने पर हिमाचल को सबसे अधिक लाभ होगा उन्होंने कहा कि इस समझौते की सबसे अधिक मार किसानों पर पड़नी थी देवेंद्र शर्मा ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया और उम्मीद जताई कि भविष्य में इस समझौते में शामिल होने पर देश के हितों का ध्यान रखा जाएगा राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की ये एक शिष्टाचार भेंट थी राज्यपाल ने इस दौरान प्रधानमंत्री को अवगत करवाया कि हिमाचल बाढ़ बादल फटने जंगलों में आग सूखा शीतलहर और हिमस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के लिए संवेदनशील है उन्होंने इस सबके दृष्टिगत प्रदेश में एसडीआरएफ के आकार को बढ़ाने और इसके लिए केंद्र से शतप्रतिशत सहायता जारी करने का प्रधानमंत्री से आग्रह किया राज्यपाल ने सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भानूपल्ली बिलासपुर लेह रेल लाईन को पूरा करने के लिए भी प्रधानमंत्री से सहयोग का आग्रह किया बिंदल विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने लोगों से स्वच्छता को अपनी रोजमर्रा की आदत में शामिल करने का आहवान किया है ताकि आसपास के परिवेश को साफ सुथरा बनाया जा सके डॉक्टर बिंदल आज सिरमौर के औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब में विभिन्न सम्पर्क मार्गो के शिलान्यास के बाद एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे विधानसभा अध्यक्ष ने पड़ौसी राज्यों से सीमांत क्षेत्रों में आ रहे प्लास्टिक पर चिंता जताई और संबंधित विभाग को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए उन्होंने ये भी कहा कि कालाअंब क्षेत्र में समूचित पेयजल उपलब्ध करवाने और किसानों को सिंचाई सुविधा के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं उन्होंने बाद में एक स्वच्छता रैली में भी हिस्सा लिया नमस्कार